जिले में ऑपरेशन क्लीन के तहत चलाये गये अभियान के दौरान भू स्वामियों के कब्जे से यह भू खण्ड मुक्त कराये गये हैं अनियमितताओं के चलते सहकारी समिति के सदस्यों को लम्बे समय से भू खण्ड का कब्जा नहीं दिया जा रहा था इसलिये जिला प्रशासन ने मुहिम चलाकर इन भू खण्डों को मुक्त कराया और अब वास्तविक हितग्राहियों को इनके कब्जे सौंपे जा रहे हैं

भारत पर्व दिल्ली के लालकिला मैदान में भारत पर्व की शुरूआत हो गई है यह पहली फरवरी तक चलेगा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

इस पर्व में आम जनता के लिए गणतंत्र दिवस परेड़ की झांकियों के प्रदर्शन और सशस्त्र बलों के बैण्ड सहित कई आकर्षण मौजूद हैं महाविद्यालय उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने इंदौर में चार नये कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है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 उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले दिनों में छात्राओं को मुफ़त शिक्षा देने की तैयारी भी कर रही है

जिला जेल अधीक्षक अदिती चतुर्वेदी ने बताया है कि रिहाई के मापदंड पूरा करने वाले कैदियों की सूची जेल मुख्यालय को भेजी जाती है वहां से मंजूरी के बाद कैदी की रिहाई होती है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

गुजरात के खारी गायन पर आधारित देशराग मालवी परंपरा पर आधारित घुमर और ब्राजील और यूकेन देशों के नृत्य आज विशेष आकर्षण हैं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 वहीं गोंड जनजातीय पर आधारित नृत्य नाटिका राजा पेमलशाह प्रस्तुत की गई

मौसम उत्तर की ओर से आ रही हवाओं का रूख बदलने और धूप खिलने से सर्दी में कमी आई है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

गेहूं उपार्जन के लिये किसानों का पंजीयन एक से अट्ठाइस फरवरी तक किया जायेगा